एनडीए में बातचीत का दौर जारी

स्वस्थ होने की दर लगभग तिरानवे प्रतिशत

उत्तर बिहार के कई जिलों में हो रही है बारिश महागठबंधन में राजद कांग्रेस वामदलों और विकासशील इंसान पार्टी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर सहमति बन गयी है राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कल पटना में संवाददाताओं से कहा कि इसकी घोषणा सामूहिक रूप से गठबंधन दलों की उपस्थिति में की जायेगी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन की ओर से आज सीट बंटवारे को लेकर घोषणा किये जाने की संभावना है इधर एनडीए में अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पायी है एनडीए के प्रमुख घटक दलों भाजपा जदयू और लोजपा की अलग अलग बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज दिल्ली में पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलायी है माना जा रहा है कि इस बैठक में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम रूप से कोई फैसला ले सकते हैं सूत्रों ने बताया कि जदयू ने सीटों के बारे में अपनी प्राथमिकता से भाजपा को अवगत करा दिया है खबर है कि भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और देवेन्द्र फडणवीस जदयू की ओर से दी गयी सीटों की सूची के साथ दिल्ली लौट गये हैं इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एनडीए घटक दलों में समन्वय स्थापित कर सीटें तय करने के लिये पार्टी ने कमिटी बना रखी है यह समिति इस पर लगातार काम कर रही है उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे वहीं जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने सीट बंटवारे के मामले पर कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है पहले चरण के प्रत्याशियों के चयन लिये हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा हम की कल पटना में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में बैठक बूलायी गयी है विधानसभा चूनाव में ड़्यूटी के दौरान किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मी की मृत्यू होने पर उनके परिजनों को तीस लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि दी जायेगी पहले यह राशि पच्चीस लाख रूपये थी ये अनुग्रह राशि कोरोना के कारण भी ड़यूटी के समय मौत होने पर दी जायेगी राज्य सरकार ने हिंसा उग्रवादी और असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई समेत ऐसे किसी भी घटना में अपंग होने पर भी मुआवजा दिये जाने की घोषणा की है वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बालामुरूगन डी और संजय कुमार सिंह निर्वाचन विभाग में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाये गये हैं इसके साथ ही अब चूनाव आयोग में चार अपर मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी हो जायेंगे सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार पटना की ट्रांसजेंडर मोनिका दास को पीठासीन पदाधिकारी बनाया जायेगा मोनिका केनरा बैंक में पदस्थापित हैं पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर मोनिका दास की एक ब्थ की पूरी जिम्मेवारी होगी इधर विधानसभा चुनाव में राज्य के चिकित्सकों को इस बार चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं दी जायेगी चूनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुये डॉक्टरों को अपने पेशे से अलग हटकर द्रसरे काम में नहीं लगाया जायेगा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड अंतर्गत खूटिया पंचायत के मटीहानी गांव में बिना अनुमति के जनसभा करने के आरोप में डॉक्टर विवेकानन्द पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है विधानसभा चूनाव की तिथि की घोषणा के बाद बिना अन्मति के सभा करने के मामले में आचार संहिता उल्लंघन का यह दूसरा मामला दर्ज किया गया है इससे पहले कैमूर जिले में एक राजनीतिक दल की ओर से बिना अनुमति के पार्टी का झंडा और बैनर लगाया गया था तब मामला दर्ज किया गया था इधर चुनाव ड्यटी में लापरवाही बरतने के मामले में मुजफ्फरपुर जिले के चार पुलिसकर्मियों की छह माह का वेतन व्रद्धि रोक दी गयी है विधानसभा चुनाव को देखते हुये पटना जिला प्रशासन ने पटना में चौंसठ जगहों पर चुनावी जन सभाएं करने की अनुमति दी है इनमें सबसे अधिक बांकीपुर विधानसभा में सोलह जगहों पर चुनावी सभा आयोजित करने की इजाजत होगी जिला प्रशासन ने पहले आओ पहले पाओ के तहत चुनावी सभा स्थल बुकिंग करने के लिये राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा है प्रशासन की ओर से पटना जिले में बांकीपुर पटना साहिब दीघा कुम्हरार फुलवारीशरीफ पालीगंज मनेर दानापुर बख्तियारपुर मोकामा और बाढ़ में सभा के लिये स्थान चिन्हित किये गये हैं जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने विद्यालयों और आंगनवाडी केन्द्रों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के सौ दिवसीय अभियान की शुरूआत की गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनतीस सितंबर को जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए मार्गदर्शिका जारी करते हुए इस अभियान की शुरूआत की थी प्रधानमंत्री ने राज्यों से इस अभियान को बेहतर ढंग से लागू करने की अपील की है साउंड बाईट सौ दिन का एक विशेष अभियान जिससे के तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामना देता हूं और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं राज्य सरकारें भी पूरी तरह इस जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर उठाए रेलवे ने त्योहारों को देखते हुये पंद्रह अक्तूबर से तीस नवंबर तक दो सौ अतिरिक्त क्लोन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेल अंतर्गत डेढ़ दर्जन से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें और क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वय कर जरूरत के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनें चलायी जायेंगी इधर दानापुर रेलमंडल के पटना जंक्शन राजेंद्र नगर टर्मिनल दानापुर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर यात्रियों को बैगेज सैनिटाइजेशन सहित कई नयी सुविधायें मुहैया करायी जा रही है अब रेल यात्रियों के लिये एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रॉली में सामान ले जाने की सुविधा मुहैया करायी गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख पचासी हजार सात सौ सात हो गयी है स्वस्थ होने की दर लगभग तिरानवे प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक हजार चार सौ संतानवे लोग स्वस्थ हुए हैं वहीं इसी अवधि में चार लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर नौ सौ दस हो गया है एक दिन में कोविड उन्नीस के एक हजार चार सौ इकतीस नये मामले सामने आये हैं पटना से सबसे अधिक दो सौ छत्तीस मामलों की पुष्टि हुई है पूर्णिया से एक सौ इकतीस जमुई से उनसठ मुजफ्फरपुर से अंठावन अररिया से बावन और पश्चिम चंपारण से इक्यावन मामले पॉजिटिव पाये गये हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बारह हजार चार सौ बत्तीस है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरटीपीसीआर से होने वाली कोरोना जांच में पॉजिटिव आने की दर में गिरावट आयी है वर्तमान में इस जांच में कुल नमूनों में से लगभग दो प्रतिशत ही पॉजिटिव मामले आ रहे हैं पिछले चौबीस घंटे में एक लाख बीस हजार एक सौ अट्ठाईस नमूनों की कोरोना जांच की गयी इस तरह अब तक पचहत्तर लाख से अधिक नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है

राज्य के ज्यादातर इलाकों में बादल छाये हुये हैं मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण पूरे प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है इधर उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी और शिवहर जिले में गरज के साथ बारिश हो रही है बेगूसराय जिले के वीरपुर प्रखंड में बलान नदी का बांध एक बार फिर टूट गया है बांध ट्रटने से प्रखंड के तेलन कुम्हरटोली टाड़ी गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इससे पहले पच्चीस अगस्त को ये बांध टूटा था उधर गोपालगंज में सारण बांध टूटने से बैंकुंठपुर प्रखंड के कई इलाकों में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं इस बांध के ट्रटने के बाद मकेर प्रखंड में गंडक का पानी प्रवेश करने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा कल होगी इसके लिये पटना के संतानवे केंद्र बनाये गये हैं परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बहाल रखने के लिये पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है ये परीक्षा दो पालियों में होगी पटना प्रमंडल आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कदाचार रोकने के लिये जैमर लगाये जायेंगे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को मास्क सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया है पूर्वी चंपारण से गोपालगंज को जोडने वाले गंडक नदी डुमरिया घाट पुल पर आज से पांच अक्तूबर तक वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है हालांकि इन तीन दिनों के दौरान रात्रि दस बजे से सुबह दस बजे तक आवाजाही की अनुमति होगी एनएचएआई ने बताया कि पुल के रख रखाव कार्य के लिए इसे बंद करने का निर्णय किया गया है राजधानी पटना वैशाली और आसपास के जिलों में आपराधिक घटनाओं में शामिल एक अंतरजिला गिरोह के सात अपराधियों को पुलिस ने हाजीपुर से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार किये गये सभी अपराधी सारण जिले के रहने वाले हैं पुलिस अधीक्षक मनीष ने बताया कि इन अपराधियों के पास से कई हथियार बरामद किये गये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने बिहार विधानसभा सीटों के बंटवारे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है एनडीए में विधानसभा सीटों का फॉर्मूला तय करने के लिये पटना आये भूपेंद्र यादव और देवेन्द्र फडणवीस दिल्ली लौटे एनडीए पर लोजपा आज करेगी फैसला महागठबंधन में सीटों पर सहमति देश में कोविड उन्नीस से मृतकों का आंकड़ा एक लाख पार कर जाने को दैनिक भास्कर ने अखबार की बड़ी खबर बनाया है अखबार ने शीर्षक लगाया है हमने दो सौ छह दिन में एक लाख लोगों को दम तोड़ते देखा प्रभात खबर ने राज्य में कोरोना संक्रमण की जांच की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है आरटीपीसीआर से जांच में दो प्रतिशत सैंपल ही आ रहे हैं पॉजिटिव दैनिक जागरण की सुर्खी है केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के साथ ही अब पंद्रह अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू और अब अंत में मुख्य समाचार महागठबंधन में सीट बंटवारे का मामला सुलझा

एनडीए में बातचीत का दौर जारी

स्वस्थ होने की दर लगभग तिरानवे प्रतिशत

उत्तर बिहार के कई जिलों में हो रही है बारिश